श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता को आदत बनाने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि चार वर्ष पहले शुरू किया गया स्वच्छता आंदोलन अब चरम पर है

इस अवसर पर दादी जानकी ने अभियान को सफल और सकारात्मक बताया प्रधानमंत्री ने अजमेर में दरगाह के खादिमो की संस्था अंज्मन जादगान के अध्यक्ष मोइन हुसैन चिश्ती और शेखजादगान के अध्यक्ष जरार चिश्ती से वीडियो कांफेसिंग के जरिये बातचीत करते हुए ख्वाजा साहब की दरगाह में चढाये जाने वाले फूलों से खाद बनाने की योजना की सराहना की उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद मिली है

दो अक्तूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने के लिए लोगों को प्रेरित करना और जन आंदोलन को बढ़ावा देना है

उन्होंने अधिकारियों से छात्रावास पेंशन योजनाएं दिव्यांगों को जारी किए जाने वाले यूआईडी कार्ड अंतरजातीय विवाह योजना एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य वर्गो को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिये उन्होंने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता समय पर प्राथमिकता से उपलब्ध कराने को कहा केन्द्रीय खेल और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने आज जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया

इस योजना से टोंक जिले में महिलाओं के पोषण में सुधार आया है और जागरूकता का वातावरण बना है

ब्रंदी में आज किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और फार्मा उत्पादों तथा रत्न और आभूषणों के निर्यात में बढ़ोत्तरी के कारण ऐसा संभव हुआ